भाजपा बैठक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेशभर में शोक सभाओं का आयोजन किया जाएगा यह निर्णय आज रायपुर में हुई भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पार्टी के सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह और प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे यह तय किया गया कि बाईस और तेईस अगस्त को सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन किया जाएगा स्वर्गीय अटल जी की अस्थियों का विसर्जन छत्तीसगढ़ की विभिन्न नदियों में भी किया जाएगा वहीं राज्य के अनेक राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाएगा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विकास यात्रा का अगला चरण पांच सितंबर से शुरू होगा इस दूसरे चरण का शुभारंभ डोंगरगढ़ से किया जाएगा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह बाईस अगस्त के बजाए अब चौबीस अगस्त को रायपुर के दौरे पर आएंगे इस दौरान वे अनेक बैठकें लेकर पार्टी की चुनावी तैयारियों और रणनीति की समीक्षा करेंगे केरल मदद केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आज ट्रेन से पच्चीस सौ टन चावल रवाना किया गया आज शाम राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से इस विशेष मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले और कृषि मंत्री बुजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे यह ट्रेन केरल के काजाहकूटम स्टेशन पहुंचेगी उल्लेखनीय है कि रेलवे ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केरल भेजे गए इस चावल के ॅलिए कोई माल भाड़ा नहीं लिया है डेंगू अजय चंद्राकर प्रदेश में डेंगू के इलाज में सहयोग नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने आज रायपूर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी उन्होंने बताया कि दूर्ग भिलाई के तीस निजी अस्पतालों को डेंगू के मरीजों के इलाज कॉ निर्देश जारी किया गया है इसके अलावा जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज चल रहा है और प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है उन्होंने कहा कि अस्पतालों में समन्वयक तैनात किए गए हैं जो मरीजों का इलाज कराने में सहयोग कर रहे हैं श्री चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने डेंगू के इलाज के लिए संजीवनी योजना के नियमो को भी शिथिल किया है उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि एक भी मरीज डेंगू के इलाज से वंचित ना रहे श्री चंद्राकर ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में होने की वजह से डेंगू को महामारी नहीं माना जा सकता स्वास्थ्य मंत्री ने आम लोगों से डेंगू बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि सरकार डेंगू से निपटने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है डेंगू केंद्रीय जांच टीम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी की टीम ने आज भिलाई पहुंचकर डेंगू प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली से सहायक निदेशक डॉक्टर अमर भदौरिया और जगदलपुर केंद्र के अधिकारी भी शामिल हैं टीम के सदस्यों ने भिलाई ै के डेंगू प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लार्वा की जांच की भिलाई में डेंगू फैलने की वजह से कई लोगों की मौत और बीमार होने के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हए यह टीम जांच पर पहुंची है डेंगु स्कूल बच्चे वहीं डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से स्कूली बच्चों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं इसके तहत स्कूलों में बच्चों के लिए फिलहाल यूनीफॉर्म की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है डेंगू के मच्छरों से बचाव के लिए बच्चे स्कूल में यूनीफॉर्म छोड़कर फुल बांह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर जा सकते हैं इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को छह बिंदुओं के निर्देश जारी किए गए हैं मध्यान्ह भोजन में बच्चों को पीने के लिए गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा हज यात्रा सउदी अरब में बीस लाख से अधिक मुसलमानों ने वार्षिक हज यात्रा शुरू कर दी है आज तड़के से ही श्रद्वालुओं ने मक्का स्थित काबा की परिक्रमा शुरू कर दी इस्लाम धर्म के अनुसार मक्का पवित्र स्थानों में से एक स्थान है मक्का से हाजी मीना में एकत्र होने के लिए यात्रा शुरू करेंगे वहां वे रात गुजार कर कल सूबह तक अराफात के मैदान में पहचेंगे जहां वे एक दिन गुजार कर नमाज और अन्य अरकान अदा करेंगे इस वर्ष भारत से करीब एक लाख पचहत्तर हजार यात्री हज के लिए गए हुए हैं मतदाता सूची पूनरीक्षण मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं के पास परसों इक्कीस अगस्त तक का अवसर है इन दिनों मतदाता सूची में नाम जोड़ने अपात्रों के नाम विलोपित करने और गलत नामों में सुधार के लिए मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है इसकी अंतिम तिथि इक्कीस अगस्त है राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता इक्कीस अगस्त तक अपने नाम जुड़वा सकते हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रो में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य सूबह साढ़े दस बजे से शाम पांच बजे तक किया जा रहा है श्री साहू सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल पर एजेंट के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम सूची में जुड़वाने की अपील की हैं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे इसी पुनरीक्षण के आधार पर सत्ताईस सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा

इसके तहत हितग्राहियों को बारह रूपए का स्पेशल रिचार्ज पैकेज दिया जाएगा स्काई योजना के हितग्राहियों को फोर जी स्मार्ट फोन के साथ फिलहाल अगले छह माह के लिए एक जीबी डेटा और सौ मिनट का टॉकटाइम निःशुल्क दिया जा रहा है इसी कड़ी में हितग्राहियों के लिए विशेष रिचार्ज प्लान बनाया गया है दो दिन की वैघता वाले इस पैकेज में हितग्राहियों को प्रतिदिन शून्य दशमलव पांच जीबी का हाईस्पीड फोर जी डेटा मिलेगा मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान बस्तर संभाग सहित राज्य के कई स्थानों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है रायपूर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बंगाल ओर्डिशा के तट पर एक चक्रवात बना है इसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है बस्तर संभाग के अलावा राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है इसे देखते हुए बस्तर जिला प्रशासन ने आम लोगों से विशेष ऐहतियात बरतने की अपील की है दक्षिण बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले में हाल ही में हुई तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और आम जन जीवन प्रभावित हुआ है बस्तर जिला प्रशासन ने सभी तहसीलदारों के अलावा अन्य अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं इधर राजधानी रायपुर में आज दिनभर रूक रूककर बारिश होती रही बारिश कांग्रेस मांग बीजापुर जिले में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते आम जन जीवन प्रभावित होने की खबर है हमारे संवाददाता के मुताबिक जिले में करीब पंद्रह सौ एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है वहीं पैंसठ से अधिक मेकान गिर गए हैं जबकि करीब ढाई सौ घरों को क्षति पहुंची है बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरसठ और दो सौ दो में भी आवाजाही प्रभावित हुई है जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल मदद मुहैया कराने की मांग की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव ने एक बयान जारी कर भोपालपट्नम सहित कांकेर और बस्तर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई है उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर निष्क्रिय बनी हुई है कांग्रेस नेताओं ने तत्काल राहत कार्य शुरू करने की जरूरत बताई है जांजगीर डायरिया जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार नगर पंचायत के तीन वार्डों में डायरिया फैलने के समाचार मिले हैं बताया जाता है कि पैंतालीस से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन वार्डों में शिविर लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है साथ ही घर घर जाकर उल्टी दस्त की दवाईयां भी बांटी जा रही है संक्षिप्त समाचार नया रायपुर स्थित दोंदेखूर्द में एक निजी राईस मिल में आज तड़के भीषण आग लग गई

जांजगीर के कोटाडबरी स्थित एक निजी संयंत्र के भटटी फर्नेस में विस्फोट होने से पांच मजदूर घायल हो गए इनमें से गंभीर रूप से घायल हुए दो मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर मेजा गया है आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है इस मौके पर प्रदेशभर में फोटाग्राफी पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गरियाबंद जिले में खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध उत्खनन कर रहे बत्तीस हाईवा को जब्त किया है